रक्षामंत्री केन्द्र सरकार ने युद्ध में मारे गए सैन्यकर्मियों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि को दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रूपये करने के फैसले को अपनी सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दिल्ली में जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि यह सहायता राशि थल सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष के माध्यम से दी जाएगी

इंडो बांग्ला परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संयुक्त रूप से तीन परियोजनाओं का उदघाटन किया जिनमें बांग्लादेश से एलपीजी के आयात से संबंधित परियोजना भी शामिल है दो अन्य परियोजनाएं हैं बंगलादेश की राजधानी ढाका में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद भवन का निर्माण और बांग्लादेश भारत पेशेवर कौशल विकास संस्थान की स्थापना दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच आज हुई वार्ता के बाद शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सात ज्ञापन समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एलपीजी और कौशल विकास संस्थान जैसी परियोजनाओं से आम आदमी को लाभ होगा तीन परियोजनाएं तीन अलग अलग क्षेत्रों में हैं एलपीजी इंपोर्ट वोकेशनल ट्रेनिंग और सोशल फेसिलिटी लेकिन इन तीनों का उद्देश्य एक ही है और वो है हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने वक्तव्य में सभी परियोजनाओं के लिए भारत की आर्थिक मदद के लिए आभार व्यक्त किया इससे पहले आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की जावडेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है लखनऊ में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान रेपो दर में पांच बार कमी की गई है जिससे उद्योग जगत को काफी मदद मिलेगी

जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश के आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सौ लाख करोड़ रूपये के निवेश का फैसला किया है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

इस बार अच्छी खबर में कल रविवार को आप जानेंगें डिंडोरी जिले के एक ऐसे अनूठे स्कूल के बारे में जो ट्रेन की तरह दिखता है

इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं रीवा जिले में कल जिला स्तरीय रैली आयोजित की गई जिसमें कई स्कूलों के विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संगठनों के लोग शामिल हुए इसी कम में आगरमालवा जिले में भी नशे की लत के खिलाफ जनजागरूकता लाने के उद्देश्य से आज जिला मुख्यालय से नशामुक्ति रैली निकाली गई और लोगों को इसके रोकथाम के लिये शपथ दिलाई गई

उन्होंने कल ग्वालियर में चम्बल और ग्वालियर संभाग के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जनप्रतिनिधि और जनसमुदाय को भी जोड़ा जाये

श्री शर्मा दुनिया के एसे पहले बल्लेबाज बन गये हैं जिन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में पहले ही टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाये आपकी सरकार आपके द्वार राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के अंतर्गत प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कम में आगरमालवा जिले में कल से तीन दिवसीय शिविर शुरू हुआ शिविर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया गया श्योपुर जिले के बडोदा और विजयपुर में स्वच्छता अभियान को लेकर शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस दौरान आमलोगों में पॉलिथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई

हमारी रीवा संवाददाता ने खबर दी है कि इन प्राचार्यो ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिये बिना ही इन स्कूलों का संचालन बंद कर दिया था संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने बंद किये विद्यालयों को पुनः शुरू करने के निर्देश दिये हैं

दुर्गा पूजा नवरात्रि उत्सव के दौरान प्रदेश में आज दुर्गा सप्तमी का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर दुर्गा पंडालो और मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई दशहरा पर्व को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जा रहे हैं

जिले में प्रशासन द्वारा प्रतिमा विसर्जन के लिये आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं मौसम प्रदेश में मॉनसून अपने अंतिम चरण में है लेकिन कुछ जिलों में इसकी सक्रियता बनी हुई है आज राजधानी भोपाल में दोपहर तक तेज धूप खिली हुई थी लेकिन शाम होते होते गरज चमक और हवा के साथ तेज बारिश हुई वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में भी हल्की बारिश हुई